इसका आयोजन ओकार्ड इंडिया ट्रस्ट दिल्ली हिमाचल अकादमी और हिमालय साहित्य व संस्कृति मंच के सहयोग से किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुस्तक मेले का शुभारम्भ करेंगे

उपायुक्त युनुस ने कल कुल्लू में बताया कि जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए क्षेत्र के लोगों से इस कार्यक्रम के लिए शिकायतें आमंत्रित की गई हैं इधर सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि ज़िलास्तरीय जनमंच कार्यक्रम कंडाघाट क्षेत्र की छावशा पंचायत में होगा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के माहौरी में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रतियोगिता छठी राष्ट्रीय ड्यू बॉल प्रतियोगिता एवं भारत जिम्बावे अंतर्राष्ट्रीय ड्यू बॉल का शुभारंभ आज ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में हो रहा है

खेल का शुभारंभ चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी करेंगे इससे पहले आज सुबह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान के तहत सभी टीमों ने एक जागरूकता रैली में भाग लिया जिसे उपायुक्त राकेश प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सेवा दल अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक लालजी देसाई के निर्देश पर कल देशभर में ध्वजबंधन कार्यक्रम किया गया इस दौरान शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सेवादल के सदस्यों ने ध्वजबंधन किया और पार्टी ध्वज को सलामी दी उन्होंने देश की एकता व अखंडता कायम रखने का संकल्प भी लिया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर पौंग बांध विस्थापितों से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पोंग विस्थापितों के लिए विधायक ने मुंडवाया सिर कहा छह माह में मुआवजा न मिला तो लेंगे जलसमाधि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मुआवजा नहीं तो वापस दो जमीनें दैनिक जागरण के शब्द हैं दूटा सब्र का बांध जलसमाधि की हुंकार अजीत समाचार के अनुसार मुआवजे को लेकर पौंग बांध विस्थापितों ने संघर्ष का विगुल फूंका नशाखोरी समाप्त करने को लेकर हिमाचल पुलिस द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में मुख्यमंत्री के हवाले से आपका फैसला ने खबर दी है देवभूमि में नशे को कोई स्थान नहीं जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है देवभूमि से नशे का करेंगे खात्मा नशे पर लगाम लगाने के लिए जनसहभागिता की आवश्यकता इसी पत्र के अनुसार मोहित चौहान बन सकते हैं हिमाचल के ब्रांड एंबैसडर मंत्रिमंडल बैठक में होगा अंतिम फैसला हिमाचल में तैयार होगी सौ ईको ट्रैकिंग साईट शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ब्हाट्सऐप से बुकिंग हजारों को मिलेगा रोज़गार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुरू किया संपर्क फॉर समर्थन अभियान कुल्लू में प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर सौंपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों भरी बुकलैट आपका फैसला की एक खबर है एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शिक्षा में अभिभावक संघर्ष शीर्षक से मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ज्यादा अंक पाने वालों के लिए है तो क्या बैकबैंचर्स के लिए शिक्षा की कोई नई व्यवस्था तैयार की गई है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि हिमाचल हर मौसम में पानी की किल्लत झेलता है लगभग हर व्यक्ति पेयजल संकट से जूझ रहा है लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पानी की कीमत समझ उसे सहेजने का प्रयास करते हैं शीर्षक है दावों की हकीकत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

नमस्कार